इसे लोक निर्माण विभाग अपनी गाड़ियों में लगा कर बर्फ हटाने के काम के लिए इस्तेमाल में ला रहे है विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक राकेश सिंघा के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों से तुरंत बर्फ हटाने के लिए इस काम को आउटसोर्स पर दिया जा रहा है ताकि लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी न हो उन्होंने कहा कि भविष्य में इस काम को आउटसोर्स पर न देने के प्रयास किए जा रहे है मुख्यमंत्री ने माना की नारकंडा से बतनाल तक स्नोबॉन्ड क्षेत्र है ऐसे में यहां पर संभावित सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शीघ्र रिटेनिंग यॉल की व्यवस्था की जाएगी

अभिमाषण चर्चा प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी रही इस दौरान विपक्ष की गैर मौजूदगी में माकपा के तेज तर्रार नेता राकेश सिंघा ने विपक्ष की कमान संभाली और राज्यपाल के अमिभाषण को आधा अध्रा दस्तावेज बताया हालांकि सत्तापक्ष की ओर से विघायक अरूण कुमार ने जोरदार दलीलें देकर सरकार का बचाव किया माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पटरी से उतर चुकी है सिंघा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कोरोना से लड़ाई के नाम पर हुई खरीद फरोख्त में भारी धांधलियां हुई हैं उन्होंने चंबा में एक निजी मेडिकल स्टोर से बाजार की तुलना में अत्याधिक ऊंची कीमतों पर खरीदे गए मास्क और थर्मल स्कैनर मामले की तुरंत जांच कराने की बात कही उन्होंने इस संबंध में दस्तावेज भी सभापटल पर रखे सिंघा ने सरकार के आनलाइन शिक्षा के दावे को भी झूठा करार दिया भाजपा के अरूण क्मार ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए सरकार का हर मौके पर बचाव किया और कहा कि कांग्रेस द्वारा राज्यपाल के साथ की गई बदसलुकी से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है वाकआउट विधानसभा के बजट सत्र में पांच कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर चल रहा गतिरोध जारी है विपक्षी ने इस मुद्दे पर हंगामा करते हुए आज सदन से वाकआउट कर दिया

जगत सिंह नेगी ने इसे एकतरफा व तानाशाही भरा फैसला करार दिया और विधानसभा अध्यक्ष से इस पर व्यवस्था देने की मांग उठाई उन्होंने कहा कि सदन को फिर से बुलाना और इसके लिए विपक्ष को उचित समय देना विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है नेगी ने कहा कि विपक्ष की गैरमौजूदगी में पांच कांग्रेस विधायकों को निलंबित करने का फैसला और मार्शल की शिकायत को आधार बनाते हुए इन विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई

जिस पर विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के वाकआउट के बाद कहा कि राज्यपाल के सम्मान को पहुंची ठेस के लिए विपक्ष को माफ नहीं किया जा सकता उन्होंने कहा कि राज्यपाल के साथ विपक्ष द्वारा किया गया दुर्व्यवहार अब उसी के गले की फांस बन गया है